आज शाम श्रद्दाल् अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई दी है राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रोपदी मुर्मू ने नई शिक्षा नीति पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से रिपोर्ट मांगी है

वे लगातार सात बार से शिकारीपाडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज सुबह से ही राजधानी के मौसम का मिजाज बदल गया है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

राज्य भर में छठ महापर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज शाम श्रद्धाल् अस्ताचलगामी सुर्य को अर्घ्य देंगे चार दिन का यह उत्सव कल उगते सुरज को प्रातः अर्घयं के साथ संपन्न होगा इस अवसर पर राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने छठ पूजा पर राज्य के लोगों को बधाई और शभकामनाए दी है उन्होंने कामना की है कि उर्जा के अनंत स्त्रोत सर्य हमारे जीवन को प्रखर और उर्जावान बनाए रखें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को छठ की शुभकामनाए देते हए आह्वाहन किया है कि हमारे रोज मर्रा के जीवन में भी छठ महापर्व के पवित्रता और स्वच्छता का समावेश हो वहीं महापर्व छठ सामुदायिक और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है सभी वर्ग के लोग इस पर्व में भाग लेते है कोरोना महामारी के कारण इस बार लोगों के छठ घाटों पर एकत्र होने के दौरान एहतियाती उपाय बरतने के सलाह दी गई हैं छठ पूजा को देखते प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है

सऊदी अरब की अध्यक्षता में यह शिखर सम्मेलन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शनिवार और रविवार को होगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जी ट्वेंटी देशों के नेता इस वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों और नौकरियों की बहाली के तरीकों और उपायों पर चर्चा करंगे ये नेता समावेशी सतत और आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण की परिकल्पना भी साझा करेंगे झारखण्ड के कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं

इधर राज्य में कल तीन मरीजों की मौत हो गई मरने वालों में बोकारो धनबाद और पूर्वी सिंहभूम से एक एक संक्रमित मरीज शामिल है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयानमें कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने केमामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के पांच प्रतिशत से भी कम है

देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है

भारतीय उद्योग और वाणिज्य महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को कल ऑनलाइन संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात सेवा निदेशक माइकल रेयान ने आगाह किया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को परास्त करने के समय तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी उन्होंने कहा कि कोविड की वैक्सीन को जादुई समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि कई देशों में कोरोना संक्रमण फिर से फैल रहा है श्री रेयान ने कहा कि वैक्सीन आने में अभी कम से कम चार से छह महीने लगेंगे राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रोपदी मुर्मू ने नई शिक्षा नीति पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कलपतियों से रिपोर्ट मांगी है इसमें कलपतियों से सुझाव मांगा गया है कि नई शिक्षा नीति को किस रूप में राज्य में लागू किया जा सकता है

वे लगातार सात बार से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

विधायक के अलावा संयुक्त सचिव शिशिर कुमार झा प्रशाखा पदाधिकारी सोमेन कुमार सिंह प्रशाखा पदाधिकारी लक्ष्मी मुचवा मनोज कुमार और हेलेना कंडोला को विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मी के तौर पर स्वर्गीय कपिलेश्वर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शिक्षाविद पदमश्री प्रो दिगम्बर हांसदा के निधन पर दूःख व्यक्त किया है उनका कल सुबह जमशेदपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया मुख्यमंत्री ने कहा कि संताली भाषा को विश्व पटल पर ले जाने में श्री हांसदा का अभूतपूर्व योगदान रहा है उनका निधन शिक्षा और साहित्य जगत के लिए अप्ररणीय क्षति है परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दःख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति दे श्री हांसदा केंद्र सरकार के आदिवासी अनुसंधान संस्थान के सदस्य रहे और उन्होंने सिलेबस की किताबों का देवनागरी से संताली में अनुवाद किया था दिगंबर हांसदा लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज के पुर्व प्रोफेसर रहे

हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने खबर दी है कि एलबीएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे श्री हांसदा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा पश्चिम सिंहभूम जिले के किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं

आज सुबह से ही राजधानी रांची के मौसम का मिजाज बदल गया है सुबह आसमान में बादल छाए रहे और हेल्की बारिश भी हुई मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले दो दिनों तक शहर में आंसिक बादल छाए रहेंगे छठ के बाद तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी

इसके प्रभाव से रांची के न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री की कमी होगी अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने जम्मू कश्मीर में चार आतंकियों को सुरक्षाबलों द्वारा मार गिराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है घाटी के चुनाव में हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम ट्रक में बंकर बनाकर छिपे थे चार आतंकी सेना ने ट्रक समेत उड़ाया दैनिक हिंद्स्तान ने कोरोना वायरस के टीके के संबंध में सीरम इंस्टीटयूट के सीईओ के बयान भारत में चार माह के भीतर टीका मिलेगा को अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने आतंकी फंडिंग में मुंबई में हमले के मास्टर माइंड पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को दस साल की सजा दिये जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका एहतियात के साथ मनाएं छठ महापर्व को पहली खबर बनाया है रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतरहाट जाने के कम में उनके काफिले के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है